भगवान रघुवीर व लक्ष्मीनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ ही ऐतिहासिक मिंजर मेला शुरू होता है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे उपायुक्त व मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक भाटिया ने बताया कि इस बार मिंजर मेले की थीम नया चंबा रखी गई है

विवेक भाटिया ने कहा कि मेले में सांस्कृतिक संध्याओं सहित खेलों का आयोजन मी किया जाएगा

ये प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन तथा न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट इन पर भी सुना जा सकता है

वीरेंद्र कंवर ने आईमा और घ्ग्घर पंचायत के सभी सदस्यों को कचरा संयंत्र और मॉडल पंचायत भवन की बधाई दी उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है और प्रदेश की पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आईमा पंचायत के स्वच्छता मॉडल को पूरे प्रदेश में आरंभ किया जायेगा कुल्लू जिला में श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान कल रात्र तीन यात्रियों की मृत्यु का समाचार है

जिला प्रशासन द्वारा शवों को लाने की व्यवस्था की जा रही है आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करना है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संदर्भ में जागरूक किया जा रहा है हेपेटाइटिस बी व सी में बिना इलाज लीवर कैंसर की संभावना रहती है हेपेटाईटिस बी व सी के लिए प्रदेश के आईजीएसमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध हैं उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाओं बेहतरीन प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य मानकों में श्रेष्ठ पाए जाने पर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को प्रतिष्ठित नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्स सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है क्षेत्रीय अस्पताल प्रबंधन को ये सर्टिफिकेट दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के समारोह में प्रदान किया जाएगा क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू एनक्यूएएस सर्टिफिकेट पाने वाला प्रदेश का पहला चिकित्सा संस्थान होगा प्रदेशमर में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कल रात भी भारी वर्षा हुई जबकि आज सुबह भी कई स्थानों बारिश होने के समाचार है

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है शिमला मंडी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में राष्ट्रीय पुरस्कार अभियान के तहत सिरमौर लिंगानुपात बढ़ाने में टॉप टेन में

दैनिक जागरण के शब्द है बारिश ने थामी जनजीवन की रफ़्तार

हिमाचल दस्तक विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के हवाले से लिखता है विपक्ष को फिर जिंदा करेगा मॉनसून सत्र अखबार की एक अन्य खबर है प्रदेश में नए सिरे से तय होंगे बस रूट परमिट सिरमौर के रोनहाट बाजार में तेंदुए के हमले से चार दुकानदारों के घायल होने की खबर अमर उजाला दैनिक जागरण तथा आपका फैसला में पहले पन्ने पर जगह लिये हुए है थाईलैंड में आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाने से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचली बॉक्सर आशीष ने जीता इंटरनेशलन गोल्ड मेडल दैनिक जागरण की सुर्खी है मंडी के आशीष ने देश को दिलाया सोना

जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है द्रिब्यूनल के केस हाईकोर्ट भेजने को आएगा अध्यादेश